आज ही के दिन उन्नीस सौ उनचास में संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया इसे छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास से लागू किया गया

भारतीय संविधान की शक्ति और समग्रता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को विशेष महत्व दिया गया है यहीं हमारे संविधान की खूबी भी है

कार्यक्रम में शिरकत करते हुए लोक सभा के पूर्व महासचिव जी सी मलहोत्रा ने कहा कि कानून और नागरिक शास्त्र के छात्र के अलावा संविधान से प्रभावित अन्य सभी को इसकी जानकारी नहीं है उन्होंने कहा को सरकार का चुनाव करने वालो को अपनी मौलिक अधिकार और कर्तव्य से वाकिफ होना चाहिए श्री मलहोत्रा ने कहा कि संविधान किसी भी तरह से भेद भाव नहीं करता बल्कि हर किसी को बराबरी का दर्जा देता है इस अवसर पर राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने कहा कि हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान की रक्षा करे और राष्ट्र को मजबूत बनाए कार्यक्रम में राज्य विधानसभा अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री तथा विधानसभा के अन्य सदस्य उपस्थित थे मुख्य मंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस कर्मियों को सर्वोत्तम ब्रनियादी सुविधा मुहैया कराने को हमेशा प्राथमिकता देते है

उन्होंने पुलिस अधिकारियों के लिए नियमित रिफरेसर कोर्स करवाने को कहा ताकि वे हमेशा प्रेरित रहे और नवीनतम प्रवृत्तियों से अवगत रहे श्री खांडू ने बताया कि जल्द ही पासीघाट में दूसरी विश्वयुद्ध संग्रहालय की स्थापना कि जाएगी जहां अरुणाचल से युद्ध काल के वक्त प्राप्त मशीनरियों को प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा नोर्थ ईस्ट युथ फेस्टिबल का सातवां संस्करण तवांग में आयोजित किया जाएगा

ईस्ट सियांग जिला मुख्यालय पासीघाट में सोमवार को गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने हमारा अरुणाचल अभियान का श्रभारंभ किया इस अवसर पर श्री फेलिक्स ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों के सोच को बदलकर समाज की ब्रराई को मिटाना है उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकार कानून और व्यवस्था बनाए नहीं रख सकते जब तक की इसमें आम जनता शामिल ना हो उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन और नागरिकों के बीच विश्वास और समन्वय से बनता है श्री फेलिक्स ने कहा कि कानून और व्यस्था को बनाए रखने के लिए सरकार सभी हितधारकों को शामिल करेंगे उन्होंने आशा जताई कि यह अभियान अरुणाचल को भारत के सबसे बेहतर पुलिसिंग राज्य बनाने में मदद करेंगे

यह मिशन दो दिसंबर से शुरु किया जाएगा टीकाकरण के लिए राज्य संचालन समिति की अध्यक्षता करते हुए श्री कुमार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से सत्तानवें प्रतिशत टीकाकरण की लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण टीकाकरण तंत्र को विकसित करने को कहा